ऐसे में इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर च्नाव प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए वोट मांगे राजगढ़ में च्नावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए यहां के सात बार के विधायक रह चुके कांग्रेस प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर को जिम्मेवार ठहराया उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पच्छाद के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव गांव जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी इस दौरान पार्टी के लिए प्रचार किया

ये अवकाश इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के दृष्टिगत घोषित किया गया है यह अवकाश सभी सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थानों दैनिक भोगियों और औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत मतदाताओं के लिए लागू होगा

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए अनेकों योजनाएं आरम्भ की हैं ताकि उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके वीरेंद्र कंवर आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगाई गई हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने दावा किया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे राज्य आजीविका मिशन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी में बढ़ौतरी हो रही है

ये बात बैंक के मुख्य महाप्रबंधक निलय कपूर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही

इस मेले में नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी मेले में हिमाचल के अतिरिक्त हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात और उत्तराखंड राज्यों से भी स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन हिस्सा ले रहे हैं

मनमोहन सिंह ने कहा कि भूकम्प के इन झटकों से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है

कलाम जयंती सम्पूर्ण राष्ट्र ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित की उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर एक संदेश में कहा कि महान विद्वान और शिक्षक डॉ कलाम ने हर जगह प्यार और सम्मान अर्जित किया

प्रदेश में भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में डॉ कलाम की जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया इस दौरान विद्यार्थियों ने डॉ कलाम द्वारा विज्ञान के प्रति दिए गए व्याख्यान प्रस्तुत किए विश्व हिन्दू विश्व हिन्दू बजरंग दल ने आज प्रदेश भर में ज़िलाधीश और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे